सूची में आठ महिलायें व तीन ख्याति प्राप्त खिलाड़ी शामिल है हरियाणा में विधानसभा च्नाव के लिए आज कई निर्दलीय विधायकों ने नामांकन पत्र दाखिल किये मुख्यमंत्री कल करनाल से अपना नामांकन भरेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि समुचा विश्व भारत की तर फ अवसर की भूमि के रूप् में देख रहा है

उन्होंने कहा कि भारतीय सम्दाय ने विशवभर में कई क्षेत्रों में विशेषकर विज्ञान और प्रौदयोगिकी के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल की है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नवाचार टीम वर्क और प्रौद्योगिकी आने वाले दौर के तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ है

उन्होंने युवाओं को सपने देखने बंद न करने और हर दिन अपने साथ प्रतियोगित्यमक रहने की सलाह भी दी

आज जारी की गई सूची में फरीदाबाद से विधायक विप्ल गोयल और बादशाह प्र से विधायक राव नरवीर सिह का नाम शामिल नहीं है हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में इंडियन नैशनल लोकदल व अन्य पार्टियां छोड़र आये कई नेताओं को भी टिकट दिया गया है जिनमे प्रम्ख रूप से इनैलो छोड़कर कर आये रविन्द्र कल्याण को धरौडा से सतीश नांदल को गढ़ी सांपला किलोई से रनबीर गंगवा को नलवा से उम्मीदवार बनाया गया है अकाली दल से आये बलकौर सिह को कांलावाली से टिकट दियागया है बलकौर सिंह पहले भी कालांवाली से ही विधायक थे इनके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला टोहाना से राम बिलास शर्मा महेन्द्रगढ़ से और अनिल विज अम्बाला छावनी से उम्मीदवार बनाये गये है विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल को जगाधरी से कविता जैन को सोनीपत से कृष्ण मिड्डा को जींद से मनीपाल ढांढा को पानीपत से बलवंत सिंह को सढौरा से प्रेमलता को उचाना कलां से और कैप्टन अभिमन्यू को नारनौंद से टिकट दिया गया इसी तरह डा कमल ग्प्ता को हिसार से कृष्ण पवार को इसराना से विनोद भ्याना को हांसी से लतिका शर्मा को कालका से ज्ञानचंद ग्प्ता को पंचकूला से शशिकांत को समालखां से घनश्याम दास को यम्नानगर से अभय सिंह यादव को नांगल सेदऔर डॉ जाकिर हसैन को नूंह से च्नाव मैदान में उतारा गया है इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ बादली से बनवारी लाल बावल से मनीष ग्रोवर रोहत से बादशाह प्र से मनीष यादव कंवर ग्प्ता हिसार से प्रदीप रत्सरिया सिरसा से और डा कमल गुप्ता हिसार से रनबीर गंगवा नलवा से और स्खबिंदर माड़ी बाढ़डा से च्नाव लड़ेंगे इसी सूची विश्भभर बाल्मीकि नरेश कौशिक जे पी दलाल सहित कई और नाम शामिल है भारतीय जनता पार्टी ने आज जिन खिलाड़ियों को टिकट दिया है उनमें योगेश्वर दत्त दादरी और हाकी खिलाड़ी संदीप सिंह पेहवा से शामिल है जननायक जनता पार्टी ने कल अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी जन नायक जनता पार्टी ने कालका से भाग सिंह सढौरा से क्स्म शेरवाल रादौर से मांगे राम पहेवा से प्रोफेसर रनधीर सिंह प्ंडरी से राजेश ढ्ल और नीलोखेड़ी से भीम सिंह जलाला को उम्मीदवार बताया है इसके अलावा ग्रूदेव रम्बा को इन्द्री से कुलदीप मलिक को गोहाना से राजेन्द्र गनेरीवाला को सिरसा से और संजय दलालको बहाद्रगढ़ से टिकट दिया गया है पार्टी ने बादली से संजय कबलाना बेरी से उपेन्द्र कादयान नंगल चौधरी से मूला राम नूंह से तैयब हसैन और फरीदाबाद से क्लदीप तेवतिया को च्नाव में उतारा है

कार्यक्रम में म्ख्य च्नाव अधिकारी अन्राग अग्रवाल म्ख्य अतिथि होंगे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने हरियाणा के कलाकार महावीर ग्डड् का ब्रेंडअंबेसडर बनाया है म्ख्य च्नाव अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग को मतदान के लिए घर से वाहन दवारा मतदान केन्द्र तक ले जाया जायेगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष और कार्यकारीअधिकारी अमिताभ कांत ने आज नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा ग्णवता सूचांक जारी किया इस सूची मे संपूर्ण प्रदर्शन रैकिंग में केरल पहले राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान है ब्द्विशील प्रर्दशन रैकिंग में हरियाणा पहले असम द्रसरे और उत्तरप्रदेश तीसरे स्थान पर है छोटे राज्यों की संपूर्ण प्रदर्शन की श्रेणी में मणिप्र शीर्ष पर है जबकि त्रिप्रा दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है ब्द्विशली प्रदर्शन रैकिंग मे मेघालय को पहला नागालैंड को दूसरा और गोवा को तीसरा स्थान मिला है हरियाणा विधानसभा च्नाव के लिए नामांकन भरने की सिलसिला श्रू हो गया है

विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने मिली जानकारी के अन्सार आज पहले से घोषित कई उममीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये करनाल से लोकदल पार्टी के प्रदीप ह्डडा ने पहला नामांकन दाखिल किया उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे समाज को जोड़ने का काम करेंगे प्रदीप हडडा ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी गठबंधन की कोशिश कर रही है और राज्य की सभी सीटों पर चूनाव लड़ना चाहती है उधर नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आज निर्दलीय उम्मीदवार धर्मपाल ने अपना नामांकन दाखिल किया अम्बाला छावनी अम्बाला शहर व मुलाना विधानसभा सीटों के लिए अम्बाला के लिए आज कोई नामांकन दाखिल नहीं हआ गन्नौर में भी आज निर्दलीय प्रत्याशी राम कुमार ने अपना परचा भरा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने दस प्रस्तावों सहित नामांकन दर्ज करवाया

एयरचीफ मार्शल मदोरिया उन कुछ वाय्सेना पायलटों में से एक है जिन्होंने भारत और फ्रांस की वाय् सेनाओं के बीच संय्क्त रूप से ज्लाई में किये गये अभ्यास गरूड़ के दौरान राफेल जेट को उड़ाने का अन्भव हासिल किया केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार क्लयाण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि यह गर्व की बात है िक पिछले एक वर्ष में पांच लाख लोंगों ने आष्युमान भारत योजना के तहत इलाज का लाभ उठाया आज नई दिल्ली में आय्ष्मान भारत आरोग्य मंथन के उदघाटन सत्र के डा हर्षवर्धन ने कहा कि यह योजना न केवल देश में बल्कि पूरी द्वनिया में लोकप्रिय रही है उन्होंने कहा कि आय्ष्मान योजना संघीय ढांचे का बेहतर उदाहरण बन सकती है

उन्होंने कहा कि अन्य देशों के लोग भी आष्य्मान भारत योजना के बारे में जानना चाहते है और इसे अपने देश में जारी करना चाहते है

सूमित नागल दक्षिण अमरीकी क्लेकोर्ट खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गये है केन्द्रीय खेल मंत्री किरण रिजिज् ने टवीट संदेश में नागल केा बधाई देते हये उनके प्रदर्शन को शानदार बताया स्वास्थ्य विभाग ने आज यम्नानगर में जिला स्तर पर विश्व हद्वय दिवस मनाया गया इसके तहत जिले के सभी साम्दायिक एवं प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्रों और जिला अस्पताल पर विश्व हद्वय दिवस का आयोजन किया गया यम्नानगर के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को विधानसभा आज चुनाव का जिला ब्रांड अंबसेंडर घोषित किया है ओलंपिक विजेता मल्लेश्वरी ने आज जिला वासियों को अपील की कि यह च्नाव किसी महोत्सव से कम नहीं है